प्रदेश विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करने का मामला केन्द्र के समक्ष उठाएगी राज्य सरकार

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन ने कलराज मिश्र को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कमार ध्यमल और वीरभद्र सिंह और विपक्ष के नेता मुर्केश अग्निहोत्री सहित मंत्रिमण्डल के सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व अन्य गणमान्य लोग इस अवसर पर मौजूद रहे

इस बीच शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने पत्रकार वार्ता में कहा कि स्वच्छता के लिए जन आंदोलन बेटियों की शिक्षा के अभियान को अधिक तरजीह देने के अलावा दिव्यांगों की शिक्षा व उनकी प्रतिभा को उभारने का प्रयास किया जाएगा उन्होंने पूर्व राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा शुरू किए गए शून्य लागत प्राकृतिक खेती को बढ़ाने और नशे के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने की बात कही प्रकाश जावड़े कर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी सरकार किसानों सैनिकों मजदूरों और व्यापारियों सहित समाज के सभी वर्गों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ रही है

राजीव बिंदल ने उन्हें ई विधान प्रणाली के फायदे बताते हुए इसे पर्यावरण मित्र बताया टिमोथी डी शिरा ने प्रदेश विधानसभा में स्थापित ई विधान प्रणाली ई निर्वाचन प्रबंधन ई समिति और ई डायरी जैसी आध्रनिक और नई डिजिटल प्रणाली की जानकारी भी ली उन्होंने कहा कि वे इस प्रणाली को जल्द ही मेघालय विधानसभा में स्थापित करने का प्रयास करेंगे

बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाक़र ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान की तरह पौधरोपण को भी एक अभियान के तौर पर शुरू किया जाना चाहिए जसवां परागपुर के सदवां में आज वन महोत्सव कार्यकम में उन्होंने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों को पौधरोपण के साथ साथ पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित बनाने को निर्देश दिए बिकम ठाक्र ने वन विभाग को बरसात में अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने को कहा उन्होंने सूहीं गांव में जनसमस्याए भी सुनीं और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया बाढ़ किन्नौर ज़िला की सांगला तहसील के खरोगला नाला में ग्लेशियर पिघलने से अचानक बाढ़ आ गई है जिससे समीपवर्ती क्षेत्रों को खतरा बना हुआ है रिकांगपिओ से हमारे प्रतिनिधि सीताराम नेगी ने बताया कि स्थिति को देखते हुए सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है फिलहाल इस घटना में किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान का कोई समाचार नहीं है कल्पा के एसडीएम अविनेन्द्र कुमार के अनुसार पुलिस से लोगों को बसपा खड्ड के पास जाने से रोकने के लिए जुरूरी कदम उठाने को कहा गया है जयराम ठाकुर राज्य सरकार प्रदेश विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करने का मामला केन्द्र के समक्ष उठाएगी ताकि विश्वविद्यालय के विकास व विस्तार के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो सके

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय में पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार वचनबद्ध है ताकि विद्यार्थियों को कठिनाई न हो जयराम ठाकूर ने कहा कि विकासात्मक परियोजनाओं को निष्पादित करने से पहले उचित योजना और अनुसंधान करना जरूरी है ताकि इनका ज्यादा लाम भिल सके मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दृष्टिबाधित छात्रों की सुविधा के लिए चयनित कॉलेजों और स्कूलों में विशेष प्रस्तकालय स्थापित करेगी उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए स्थापित पुस्तकालय का श्भारंभ भी किया जयराम ठाकर ने स्वयं हैडफोन लगाकर टॉकिंग सॉफ़टवेयर से बोलते कम्प्यूटर के माध्यम से अखबार पढ़ा उन्होंने दिव्यांग विद्यार्थियों के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए कलपति सिकंदर कृमार और प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव के कार्यो की सराहना की उन्होंने पदमश्री डॉक्टर उमेश भारती को रेबीज के प्रभावी उपचार में योगदान के लिए और शिक्षकों छात्रों व कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे

आकाश में जाने के मात्र सोलह मिनट के भीतर ही चंद्रयान ने निर्दिष्ट चंद्र कक्षा में प्रवेश किया

ये क्षेत्र अभी तक अनजाना है यहां जांच की पहली सॉफ्ट लैंडिंग होगी

उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि से छात्रों को प्रेरणा मिलेगी सभी भारतीयों को इसरो की इस सफलता पर गर्व है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हमेशा वैज्ञानिकों के साथ खड़ी है और अब भारत एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है गोविंद ठाकुर खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने युवाओं से बढ़ती नशे की समस्या से निजात पाने के लिए खेलों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आहवान किया है ताकि वे अपनी ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक कार्यों में कर सकें शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आज जिला स्तरीय बैडभिंटन प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने ये विचार व्यक्त किए गोविंद ठाकूर ने प्रतिभागियों से खेल को खेल की भावना से खेलने का आग्रह किया उन्होंने युवाओं से पर्यावरण संरक्षण को महत्व देने का आह्वान किया